कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को देखते हए उत्तराखण्ड में शोध संस्थान खोला जायेगा राज्य में विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जाएगा उन्होंने न्याय पंचायत स्तर तक टीमें गठित कर आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण उपकरणों की किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरकंडा में बने डॉप्लर रडार को जल्द चालू किया जाय और लैंसडाउन में लगने वाले डॉप्लर रडार की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाई जाय इस मौके पर आपदा प्रबंधन एवं प्नर्वास मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही देहरादून में आपदा प्रबंधन एवं प्नर्वास विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जायेगा

इस दौरान सभी लोग मास्क और सामाजिक द्री का पालन करेंगे

ऐसे लोग सार्वजनिक स्थल की बजाय अपने घरों के अंदर ही होली मनायें

होली त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना तेज संगीत बजाना और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित रहेगा इसके अलावा होली में पानी गीले रंग और गले मिलने से बचने की सलाह दी गई है

इस दौरान सांस्कृतिक जुलूस भी निकाला गया जिसमें अल्मोड़ा रानीखेत भवाली नैनीताल और बागेश्वर की महिला टीमों ने भाग लिया इस बार कोरोना के कारण होलीकोत्सव का आयोजन दो दिनों के लिए किया गया है और सभी के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है

इस दौरान कोरोना से बचाव पर आधारित स्वांग का प्रदर्शन भी किया गया बता दें कि मां नन्दा देवी मंदिर में महिला होती और जागेश्वर धाम में प्रुषों की खड़ी होली गायन किया जाता है चतुर्दशी होली बागेश्वर में चतुर्दशी के दिन बागनाथ और कोट भ्रामरी मंदिर में भव्य होली का आयोजन किया गया गांवों से आए होल्यारों ने एकत्र होकर भगवान शिव और मां भगवती की पूजा आराधना के बाद होली गायन किया महिलाएं भी होली के रंग में सराबोर रहीं जिला मुख्यालय सहित गांव गांव में होल्यारों की टोलियों ने शोलक की थाप पर दिन भर एक द्सरे को अबीर गूलाल लगाते हुए होली के गीत प्रस्तृत किए महिलाएं भी टोलियों में घर घर जाकर होली गायन कर रही हैं बागनाथ मंदिर में महिलाओं ने होली गायन के साथ ही नृत्य किया औऱ स्वांग भी रचे

उन्होंने होली के मद्देनज़र सभी एम्ब्लेंस को हाई एलर्ट पर रखने के निर्देश दिये बैठक में उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद रहेंगे उन्होंने कहा कि होली के दौरान संवेदनशील स्थानों पर तैनात एम्ब्लेंस जाम में न फंसे इसके लिए भी व्यापक स्तर पर तकनीकी व्यवस्था की गयी है

उन्होंने बताया कि मेले के लिए पांच सौ बेड का बेस हॉस्पिटल बनाया गया है दूधाधारी हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है मुख्य सचिव ने आज कुंभ क्षेत्र और हर की पैड़ी का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं जिनका कृंभ के दौरान पालन कराया जाएगा उन्होंने अधिकारियों को कोविड के मद्देनजर हर की पैड़ी पर व्यवस्थाओं को और बढ़ाने के निर्देश दिये इससे पहले मुख्य सचिव ने कल स्वर्गाश्रम ऋषिकेश और लक्ष्मणझूला में क्म्भ मेले की तैयारी का जायजा लिया उधर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने कृंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए मीडिया सेंटर का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि कुंभ मेला की कवरेज को आने के लिए पत्रकारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा

प्रदेश के डीजीपी अशोक क्मार का कहना है कि कृंभ मेले में सुरक्षा की दृष्टि से इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो भी तैनात किए गए हैं इन्हें संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए रखा गया है लगभग एक महीने से एनएसजी और उत्तराखंड प्लिस के कमांडो कृंभ क्षेत्र और आसपास के इलाकों में लगातार गश्त लगा रहे हैं क्ंभ में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना भी प्लिस के लिए बड़ी च्नौती है डीजीपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये हैं कि कुंभ में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाहरी राज्यों और जिलों से आने वाले वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाए ऊर्जा विभाग समीक्षा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल दिया है उन्होंने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हए अधिकारियों को निर्देश दिये कि निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाय उन्होंने ऊर्जा विभाग के सभी निगमों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और राज्य में बिजली उत्पादन पारेषण और वितरण व्यवस्था और स्दृढ़ करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटरों की व्यवस्था करने को कहा एग्जिट पोल प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग ने अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में उपच्नाव के मद्देनजर एग्जिट पोल संबंधी अधिसूचना जारी की है

महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान ने यह जानकारी दी है

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण यह आकाशवाणी समाचार होगा

इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों भी पर होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण के त्रंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सूना जा सकेगा प्रधानमंत्री मोदी ने पहले एक ट्वीट में कहा था कि यह कार्यक्रम विचारों रूचिकर विषयों तथा प्रेरक जीवन यात्राओं के उल्लेख का अवसर देता है